इसके अलावा वे वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना से बचाव व रोकथाम में उनकी भूमिका को लेकर भी चर्चा करेंगे नवरात्रे चैत्र नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं कोरोना महामारी के संकट को देखते हए प्रदेश सरकार ने नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिरों में आने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हए फेस मास्क पहनकर पूजा व दर्शन करने की इजाजत होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में कोरोना वायरस को रोकने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि नवरात्रों के दौरान मंदिरों में लंगर भंडारे व जगरातें के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा उन्होंने मंदिर प्रबंधन को सरकार द्वारा जारी की गई है एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है

चार दिन का टीका उत्सव कल समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर देश भर में शुरू हुआ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले दिन अनेक कार्यस्थलों पर टीकाकरण केंद्र संचालित किए गए

लोग नमो ऐप या माइ गोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई है

दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल आने पर दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट

दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू के हवाले से लिखा है हिमाचल में खुलेगा शीतकालीन खेल केंद्र अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल में विंटर स्पोर्टस सेंटर खोलने की घोषणा